सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है आज द्निया के सबसे बड़े इस कार्यक्रम का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए श्भारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका सहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है इस अवसर प्रधानमंत्री ने थिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है श्री मोदी ने कहा कि टीके की दो ख्राक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग एक महीने का अंतर होना चाहिए टीके की दूसरी ख्राक के दो सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी इस अवसर सर प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे हली ख्राक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने में ला रवाही न बरतें

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में देहरादून में हला टीका दून मेडिकल कालेज के वॉर्ड ब्वॉय शैलेंद्र दविवेदी को लगाया गया

इस अवसर प्र म्ख्यमंत्री ने इस महाअभियान के लिए सभी बधाई दी

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद फेज टू प्र कार्य शुरू किया जायेगा उन्होंने बताया कि हरिद्वार महाकृंभ को देखते हए र्याप्त संख्या में वैक्सीन मिल च्की है और कृंभ में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों ता वैक्सीनेशन किया जा रहा है अतिरिक्त वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार को ेत्र लिखा गया है

जिला चिकित्सालय बौराड़ी और श्रीदेव स्मन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्रनगर में टीकाकरण किया गया

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को लगने वाले टीकाकरण को लेकर भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्री कर ली गई हैं

चमोली में जिला अस् ताल गो श्वर और उ जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में आज वैक्सीनेशन हआ

चम् ावत जिले में हला टीका जिला अस् ताल में र्यावरण मित्र वि िन क्मार को लगा जबकि टनक र जिला अस् ताल में हला टीका र्यावरण मित्र दी क क्मार को लगाया गया

अल्मोड़ा के बेस चिकित्सालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हवालबाग में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण हआ

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता हयांकी ने कहा कि टीकाकरण को लेकर किसी को डरने की जरुरत नहीं है शिथौरागढ़ में जिला चिकित्सालय में श्येटन मंत्री सत ाल महाराज ने कोविड टीकाकरण का श्भारम्भ किया हला टीका मुख्य चिकित्साधिकारी हरीश चंद्र ांत को लगाया गया

सीएमओ बीडी जोशी को जिलाधिकारी विनित कुमार ने टीकाकरण प्रमाण श्त्र उथलब्ध कराया

उन्होंने कहा कि वैक्सीन प्री तरह स्रक्षित है इस प्र किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए

कुभ समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को आगामी महाकृंभ के अवशेष कार्यो को जल्द प्रा करने के निर्देश दिये हैं

इसके लिए उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं सामाजिक संस्थाओं और जनता का सहयोग लेने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकंभ के कार्यों की ग्णवता में किसी भी प्रकार की ला रवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी बैठक में मेलाधिकारी दी क रावत ने क्ंभ में किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि स्थाई प्रकृति के अधिकांश काम प्रे हो चुके हैं

इसके तहत स्वच्छता अभियान चलाये जाएंगे और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा

म्ख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी की अध्यक्षता में जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में यह स्वीकृति दी गई बैठक में मुख्य शिक्षाधिकारी ने जिले के सभी इण्टर और हाईस्कूलों में बालिकाओं के लिए निजी स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए सैनेटरी नै किन वैंडिंग मशीन और डिस् ोज़ यूनिट की स्था ना का प्रस्ताव भी रखा सीएम संशोधन सहमति मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग और सहायक अध्या क कला संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधित करने र सहमति दे दी है इससे प्रवक्ता कला और सहायक अध्या क कला में बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी इसी तरह से एलटी कला में बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता खत्म किए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है

मुक्तेश्वर में रडार स्था ना के लिए भूमि मूलभूत स्विधाएं और जगह को विकसित करने में सहयोग दिया जा रहा है दूसरे रडार की स्था ना के लिए भी राज्य सरकार ने सुरकंडा में भूमि आवंटित और विकसित की है